मोदी अरूणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अरूणाचल प्रदेश और असम में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया श्री मोदी ने अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर में विभिन्न् विकास परियोजनाओं के साथ भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर की स्थापना तथा डीडी अरुणप्रभा चैनल का शुभारंभ भी किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग लम्बें समय से ढांचागत विकास की मांग कर रहे थे जिसको पहले की सरकारों ने नजर अंदाज किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास के लिए धन और संकल्प की कोई कमी नहीं है श्री मोदी ने कहा कि नया भारत केवल तभी संभव है जब देश के पूर्वोत्तर भारत का हर क्षेत्र तेजी से विकास करे

तबादलों से भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर सहित कई जिलों में इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानांतरित किया गया है लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन में बड़ी सर्जरी के तौर पर देखा जा रहा है हालांकि इसमें से कुछ अफसरों को हाल ही में स्थानांतरित किया गया था राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनहित याचिकाओं की परंपरा न्यायिक प्रक्रिया के क्षेत्र में भारत का योगदान है उन्होंने कहा कि केवल एक पोस्टकार्ड पर दायर की गयी इस प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई करना उच्चतम न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के आदर्शवाद को दर्शाता है राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस पी एन भगवतीज़ अप्रोच प्राप्त करने के बाद ये विचार व्यक्त किए श्री कोविंद ने कहा कि जनहित याचिकाओं की परंपरा की अन्य लोकतांत्रिक देशों और कानूनी व्यवस्थाओं ने प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि यही कारण है कि न्यायमूर्ति भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है कुम्भ शाही स्नान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुम्भ मेले में कल बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे शाही स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और श्रद्वालु संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे

हमारे संवाददाता के अनुसार मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि अब तक लाखों श्रद्दालु पवित्र स्नान कर चुके हैं मेला अधिकारियों ने बताया कि शाही स्नान के लिए मेले में लोगों का आना शुरू हो गया है और कल दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाए जाने की संभावना है स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं प्रशासन ने आज से ही मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है दुकान निरीक्षण प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य की दुकानों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं इन निर्देशों में जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि निरीक्षण के साथ ही वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाये उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि सक्षम अधिकारी सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवस्य करे दुकानों में पाई गई सामान्य त्रटी की दशा में सुझाव रजिस्टर में निर्देशात्मक टीप दर्ज की जाये निर्देशों में यह भी कहा गया है कि गंभीर अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त कार्यवाही की जाये सीबीआई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज मेघालय के शिलोंग में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से चिट फंड घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी है सूत्रों ने बताया है कि श्री कुमार से तीन चरणों में प्रछताछ की जाएगी गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के पुलिस प्रमुख को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था उनसे यह भी कहा गया था कि वे शारदा चिट फंड घोटाले से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल में पूरी निष्ठा से सहयोग करें न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

यह समिति संविदा कर्मचारियों रोजगार सहायक अतिथि शिक्षक के नियमितिकरण के संबंध में जल्द ही फैसला लेगी कृषि कुम्भ बिहार के मोतिहारी में आज से कृषि कुंभ शुरू हुआ

इस कृषि मेले का उद्वेश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधता को बढावा देना है जिससे किसानों की आय दौगुनी करने में मदद मिल सके

इसके लिये वह बीज से बाजार तक प्रभावी बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है श्री सिंह ने कहा कि सरकार किसान केडिट कार्ड के जरिए किसानों को बैंकों से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शीघ्र और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहयोग की अपील की अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम शीतलहर के प्रभाव के चलते प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बड़ गई है अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है राजधानी भोपाल सहित आधा दर्जन शहरों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ो में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओले गिरने के बाद चल रही उत्तरी हवाओं से ठंड की यह स्थिति बनी है

साथ ही टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा हॉकी ग्वालियर ग्वालियर में चल रही सिनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशीप में हॉकी पंजाब और रेलवे स्पोर्टस बोर्ड की टीमों ने अपने अपने मैच जीत कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि एलएनआईपीई के मैदान पर आज खेले गये पहले सेमीफाइनल मैच में हॉकी पंजाब एण्ड सिंध बैंक को दो शून्य से हराकर फाइनल में अपना स्थान बनाया वहीं दूसरे मैच में पेट्रोलियम स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड को रेलवे स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड ने संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूट आउट से पांच चार से हराया प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला कल खेला जायेगा

उत्सव में ठूमरी लोकगीत और सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी

इस अवसर पर चल समारोह में पीले पुष्पों की वर्षा की गई